भारत ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ण सत्र को संबेधित करते हुए कहा कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति में पूर्व एशिया पर सक्रियता से विचार किया है आज की घोषणा से एक्ट फार ईस्ट नीति भी शुरू हो गई है श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस घोषणा से हमारी आर्थिक कूटनीति को नई दिशा मिलेगी प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास मंत्र पर नये भारत के दृष्टिकोण पर बल दिया उन्होंने कहा कि भारत दो हजार चौबीस तक पांच ट्रिलियन अमरीकी डालर वाली अर्थव्यवस्था बन जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी आर्थिक मंच से सुद्रपूर्व में मानवीय कल्याण के प्रयासों को बल तो मिलगा ही साथ ही समूची मानवता को भी लाभ होगा उन्होंने कहा कि भारत और सुदूरपूर्व का संबंध नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है भारत वो पहला देश है जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना काउंसलेट खोला तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहत ही भरोसा था सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहां आने पर पाबंदियां थीं व्लादिवोस्तोक भारतीय नागरिकों के लिए खुला था रक्षा और विकास के बहुत सा साजो सामान व्लादिवोस्तोक के जरिए भारत पहुंचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़े गहरी कर रहा है भारत और जापान ने भारत प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्व बनाने के लिए इसे मुक्त क्षेत्र बनाए जाने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सकेरे व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से अलग जापान के प्रधानमंत्री रिंजो आबे के साथ द्विपक्षीय बैठक की विदेश सचिव विजय गोखले ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र के बारे में एक जैसे विचार रखे और आर्थिक मुद्दों पर आपसी सहयोग के महत्व पर बल दिया प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महातिर बिन मोहम्मद से मुलाकात में विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण सहित अनेक मुद्दों पर बातचीत की विदेश सचिव ने कहा कि जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विजय गोखले ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार और आतंकवाद पर भी विचार हुआ विदेश सचिव ने बताया कि दोनों नेताओं ने किसी भी तरह के आतंकवाद से कड़ा संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया प्रधानमंत्री श्री मोदी मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तमागीन बट्टल्गा से भी मिले राष्ट्रपति बट्टल्गा इस महीने भारत आने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में छियालिस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्वता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार किये बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में ही चरित्र निर्माण का आधार बनता है राष्ट्रपति ने शिक्षकों से उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां समझने को भी कहा श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक भी थे उप राष्ट्रपति एमवैकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह ने भी सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से आप्रह किया है कि एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने में सक्रिया भागीदारी करें उधर शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ के लोकभवन में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो शिक्षकों को सरस्वती सम्मान सहित इकतीस शिक्षकों को सम्मानित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किताबों की सैद्वान्तिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देना भी जरूरी है मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को बच्चों के साथ संवाद बनाये रखने की सलाह भी दी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों से अपने शिक्षक शिक्षामंत्री मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यकाल के अनुभव को साझा करते हुये अपील की कि वह अपने स्कूलों को बेहतर बनाये रखने का संकल्प लें आज भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात रिक्षाविद् स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की एक सौ इकतीसवीं जयती है इस अवसर पर प्रदेश के चालीस कारागारों में बन्द कुल एक सौ इकतीस निर्धन बन्दियों की रिहाई की गयी ये लोग अपनी मूल सजा पूरी कर लेने के बाद जुर्माने की धनराशि अदा कर पाने में अक्षम थे उधर आज प्रदेश के सभी जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने कहा है कि जनता को सुगम और आरामदेह परिवहन उपलब्य कराने के लिये बस अड्डों को हवाई अड्डों के तर्ज पर विकसित किया जायेगा साथ ही उन्हें हाईटेक भी बनाया जायेगा परिवहन मंत्री आज बरेली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग और डग्गामार वाहनों पर अंकृत्र लगाने के लिये कड़ी कार्रवाई भी की जायेगी